हालांकि चारधाम यात्रा को सीमित नियंत्रित और स्रक्षित रूप से श्रू करने पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अन्रूप इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा स्काइप के माध्यम से मीडिया से बात करते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से जुड़े लोगो को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने के लिए कई आर्थिक गतिविधियों को श्रू किया गया है उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री स्टाम्प आदि से सरकार को राजस्व मिलने लगा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है औदयोगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति भी दी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोराना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार की पूरी तैयारी है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के द्रसरे कार्यकाल के पहले साल को उपलब्धियों भरा बताया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दवारा सही समय पर लिए गए सही निर्णय से देश में कोरोना वायरस से उतना न्कसान नहीं हआ जैसी सम्भावनाएं जताई जा रही थी लॉकडाउन से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया गया

जिला प्रशासन ने इन प्रवासियों को गौचर कर्णप्रयाग मंडल गैरसैंण ग्वालदम जोशीमठ भराड़ीसैंण पीपलकोटी पर फैसिलिटी क्वारंटीन किया गया है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्वारंटीन किए गए सभी प्रवासियों को नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

इस किट का वितरण सचिवालय राजभवन विधानसभा के अतिरिक्त आय्र्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से राज्य के ऑरेंज जोन के जिलों में सभी कोरोना योद्वाओं और आमदन में किया जाएगा इस आय्ष किट का निर्माण ऋषिक्ल फार्मेसी हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कल इसकी जानकारी दी

द्रसरे राज्यों से आने वाले और प्रदेश के भीतर एक जिले से द्रसरे जिले में जाने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा उन्होंने बताया कि रेड जोन से द्रसरे स्थान पर जाने के लिए परमिट भी लेना होगा

टेस्टिंग में गति लाने के उद्देश्य से आज देहराद्रन में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब ने कार्य करना श्रु कर दिया है आईआईपी देहरादून के वैज्ञानिकों ने एक वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है आईआईपी के निदेशक डॉ अंजन रे ने बताया कि इस लैब की लागत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये आई है

उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी इस प्रकार की लैब को छह या सात सप्ताह में आसानी से इतनी ही कीमत में तैयार किया जा सकता है एस पी ओ ऊधमसिंह नगर पुलिस ने कोरोना महामारी के संक्रमण से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक नई पहल की है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने अतिरिक्त बल की जरूरत को देखते हए अवैतनिक एस पी ओ यानि विशेष प्लिस अधिकारी की निय्क्ति की है वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक ने बताया की एस पी ओ को प्रलिसकर्मियों के साथ गांवों में क्वारंटीन किये गये लोगों कि निगरानी करने और अंतरराज्यीय बैरियरों पर रात दिन इयूटी पर लगाया गया है

एसएसपी का मानना है कि जिले को ग्रीन जोन में लाने के लिए एस पी ओ का भी योगदान है जिले में विशेष प्लिस अधिकारी की निय्क्ति में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखुबी अंजाम दे रही हैं

यात्री अब लालकआं और काठगोदाम में ही उतरेंगे